उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों के साथ बातचीत में लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने लोगों से भी कफ्यू के दौरान घर पर बने रहने का आग्रह किया ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बीते कल शिमला जिला उपायुक्त अमित कश्यप सब्जी किराना और दूध विकेता संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की उन्होंने कफ्यू में ढील के दौरान रोज़मर्रा की वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति की योजनाबद्व तरीके से उपलब्ध करवाने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकमण से बचाव के लिए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान समाज का हर वर्ग एकजुट होकर अपना सहयोग प्रदान करें बैठक में उपायुक्त के अलावा अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे ढील कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लागू कफ्यू में आज पूरे प्रदेश में संबंधित जिला उपायुक्तों ने कर्फ्यू में कुछ घंटे की छूट देने का फैसला किया है

सभी उपायुक्तों ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान अफरा तफरी न फैलायें और डेढ मीटर की परस्पर उचित दूरी बनाए रखें उपायुक्तों ने कहा कि कफ्यू में ढील के दौरान लोग अपने निकटतम क्षेत्र की दुकानों से फल सब्जी किराना दूध ब्रैड और दवाईयों सहित आवश्यक उपयोग की अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं

रक्तदान अपील मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए आगे आने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान शिविर लगाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है इस बीच स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन द्वारा आज शिमला के समीप मशोबरा में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना वायरस व कर्फ्यू के चलते रक्तदान शिविर आयोजित नहीं किए जा रहे हैं जिसके चलते अस्पतालों के सभी ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी हो गई है

श्रीवास्तव ने कहा कि उमंग फाउंडेशन जल्द ही सीमा सशस्त्र बल के साथ मिलकर भी एक रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रहा है आग जनजातीय जिला किन्नौर के नाथपा गांव में कल देर शाम दो मंजिला मकान में अचानक आग लग गई जिसमें लाखों का नुकसान हुआ

पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है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 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोरोना वायरस पर दैनिक जागरण की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना का कोई नया मामला नहीं महामारी से निपटने के लिए सांसद देंगे सवा दो करोड़

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ को एक्सटेंशन रिटायर भी बुलाए पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है भीड़भाड़ से बचाव को दुग्ध संग्रह केन्द्रों की होगी स्थापना हिमाचल दस्तक के अनुसार जरूरी वस्तुएं सुनिश्चित करेंगे